कटरा थानाध्यक्ष निलंबित

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री मोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी होनी चाहिए साउंड बाईट देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिल करके कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़े कॉपरेटिव फेडेरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पेटिटिव कॉपरेटिव फेडेरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे

चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है देश मन बना चुका है देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है देश अब समय नहीं गवाना चाहता है और कल मिला करके देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहत बड़ी भुमिका अदा कर रहा है और तभी यह बदलाव के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हो रहा है श्री मोदी ने कहा कि देश तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है और आत्मनिर्भर भारत अभियान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय बनकर उभरा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है और इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे श्री मोदी ने कहा कि एक नई पहल के अंतर्गत अब शहरों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिये मकान बनाये जा रहे हैं

नई टेक्नोलॉजी से तेजी से अच्छी क्वालिटी के मजबूत मकान बनाने की दिशा में देश के छह शहरों में नए मॉडल तैयार हो रहे है वो भी इस काम के लिए हर राज्य को उपयोगी होने वाला है श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से साढ़े तीन करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाईप के जरिये जलापूर्ति की गई है उन्होंने कहा कि गांवों को इंटरनेट से जोड़ने में भारत नेट कार्यक्रम ने परिवर्तनकारी भूमिका अदा की है साउंड बाईट पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने कुपोषण की समस्याओं को वो बढ़ाए नहीं इस दिशा में भी मिशन मोड में काम हो रहा है

गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट स्कीम एक बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है ऐसी सारी योजनाओं में जब केंद्र और राज्य सरकारे मिलकर काम करेंगी तो काम की गति भी बढेगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहंचना भी सुनिश्चित हो जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जूड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं उन्होंने कहा कि इससे देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट अवसर पैदा होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षो में कृषि और पशुपालन से लेकर मछली उद्योग तक सभी क्षेत्रों में समग्र द्रष्टिकोण अपनाया गया उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप कोरोना के दौरान भी देश के कृषि निर्यात में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई केंद्रीय मंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने नीति आयोग की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठायी है श्री कुमार ने कहा कि वे इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं उन्होंने कहा कि बैठक में राज्य के विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई साथ ही मुख्यमंत्री ने एक देश एक बिजली दर की मांग को भी प्रमुखता से उठाया मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दरगाह टोले में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गयी है मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय रूप से बने शराब के सेवन के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और पिछले अड़तालीस घंटों में पांच लोगों की मौत हो गयी इधर पुलिस ने कहा है कि शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही सही पता चल सकेगा वरीय पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने बताया कि चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है साथ ही मद्य निषेध इकाई की टीम पूरे इलाके में छापेमारी कर रही है इधर इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कटरा के थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार को निलंबित कर दिया गया है जबकि पुलिस निरीक्षक मिथिलेश कुमार झा को अंचल से हटा दिया गया है गोपालगंज जिले की पॉस्को अदालत ने नाबालिग के साथ द्रष्कर्म और उसकी हत्या के एक मामले में दोषी जय किशोर साह को फांसी की सजा सुनायी है यह मामला लगभग छह महीने पुराना है जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बखरौल गांव में पिछले साल अगस्त महीने में दोषी ने एक नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराया गया और अदालत ने रिकार्ड छह महीने के भीतर मामले का निष्पादन कर दिया राज्य सरकार ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिये आवेदक की स्व अभिप्रमाणित फोटो को अनिवार्य कर दिया है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रखंड मुख्यालय को आदेश निर्गत कर दिया है आदेश में कहा गया है कि अब आधार पंजीकरण और पता के सत्यापन के बाद ही आवासीय प्रमाण पत्र जारी किये जायें साथ ही निर्गत प्रमाण पत्र पर आवेदक की तस्वीर अनिवार्य रूप से होगी पंद्रह फरवरी दो हजार इक्कीस से पूर्व निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र पहले की तरह मान्य रहेंगे प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो दो प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख उनसठ हजार नौ सौ तिहत्तर संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं वहीं इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा एक हजार पांच सौ बत्तीस हो गया है राज्य में फिलहाल पांच सौ तीन मरीजों का उपचार चल रहा है इसमें सबसे अधिक दो सौ तीस मरीज पटना के हैं प्रदेश में अब तक पांच लाख इक्कीस हजार छह सौ अड़तीस लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है इसमें तीन लाख अंठानवे हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मी जबकि एक लाख तेईस हजार से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं वहीं अड़तीस हजार सात सौ चौहत्तर स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की दूसरी ख़ुराक दी जा चुकी है पटना एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक संजीव क्मार ने लोगों से कोरोना टीका लेने के बाद भी सभी एहतियाती उपाय का पालन करने को कहा है

मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है

प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षार्थियों ने कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया हंगामे के दौरान कई राहगीरों को भी चोट आयी है इधर सीवान जिले के हराजगंज स्थित एक परीक्षा केन्द्र पर आज होने वाली अंग्रेजी की परीक्षा स्थगित कर दी गयी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार बैंक का लॉकर समय पर नहीं खूल पाने के कारण छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका अब ये परीक्षा नौ मार्च को होगी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनका प्रयास शहरी निकायों की तरह पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की है श्री चौधरी आज खगड़िया में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में सामाजिक कार्यों के लिये सम्राट अशोक भवन का निर्माण होगा मंत्री ने बेहतर काम करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करने की भी घोषणा की भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर नये पुल का निर्माण शीघ्र शुरू होगा पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इसके लिये निविदा प्रक्रिया पूरी कर एजेंसी का चयन कर लिया गया है उन्होंने बताया कि चार साल में पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है इस पर एक हजार एक सौ सोलह करोड़ रूपये से अधिक की लागत आयेगी राज्य सरकार ने कहा है कि हर घर नल का जल योजना का काम पूरा नहीं करने वाले पंचायती राज जनप्रतिनिधि अगला चुनाव नहीं लड़ सकेंगे पंचायती राज विभाग के अनुसार ऐसे जनप्रतिनिधियों की सूची तैयार की जा रही है जिन्होंने योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरती है प्रदेश के लगभग बहत्तर हजार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मार्च महीने से नामांकन अभियान शुरू होगा प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं सीवान जिले के मैरवा थाना अंतर्गत धरनी छापड़ चेकपोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक मिनी ट्रक से दो सौ छियानवे कार्टन शराब जब्त की है मौके से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एक एक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है भोजप्रर जिले के पीरो बिहिया मुख्य मार्ग पर रामदास टोला के पास एक ट्रक की चपेट में आने से दो युवकों की मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया फेसब्क पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में बेगूसराय से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता विजय पासवान को गिरफ्तार किया गया है शेखपुरा जिले के शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत ओनामा ग्राम पंचायत के मुखिया अभिमन्यू सिंह पर अपराधियों ने आज गोलीबारी कर दी हालांकि वे इस घटना में बाल बाल बच गये पुलिस मामले की जांच कर रही है

कटरा थानाध्यक्ष निलंबित